प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में जारी किये निर्देशस्कूलों को भी किया सतर्क उत्तरकाशी के माघ मेले में बिखरे धार्मिक और सांस्कृतिक रंगदूसरे राज्यों से भी पहुंच रहे श्रद्वालु वृक्षमित्र विश्वेश्वर दत्त सकलानी का आज निधन हो गया हैराज्यपाल समेत जनप्रतिनिधियों ने जताया शोक स्लग अजय टम्टा बैठक केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के साथ ही द्रदराज के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचान सरकार की प्राथमिकता है चम्पावत में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि लेकर योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये बैठक में श्री टम्टा ने मनरेगा दीन दयाल अन्त्योदय दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रधानमंत्री आवास राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सौभाग्य आदि समेत कई योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने मनरेगा योजना में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे काम की जीओ टैगिंग के साथ गुणवत्ता को चैक करने के भी निर्देश दिये

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार सभी काम समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने प्रदेश की सीमाओं से लगे राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय बैठक और पुलिस जवानों की ट्रेनिंग कराने के निर्देश दिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने मतदेय स्थलों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने इन्टरनेट और संचार सुविधा बनाये रखने के अलावा जरूरी दिशा निर्देश संबंधित विभागों को दिये स्लग पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रो पर पुलिस बल का सही तरीके से उपयोग कराने के निर्देश दिये हैं आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपद और परिक्षेत्र प्रभारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई

प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एसके गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वे आइसोलेशन वार्ड बनाये और स्वाइन फ्लू से संबंधित मामलों की तुरन्त जांच करें

वहीं दून मेडिकल कॉलेज देहरादून के चिकित्सा अधीक्षक डॉ के के टम्टा ने बताया कि अस्पताल में स्वाइन फ्लू का वार्ड बनाया गया है और इससे निपटने के लिये दून अस्पताल में दवाईयों के साथ साथ सभी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध है

मेले में प्रदेश के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं

माघ मेले का अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मेला महाभारत काल से जुड़ा है बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में देखने को मिल रहा है मेले में बाड़ाहाट के आराध्य श्री कण्डार देव को लकड़ी के हाथी पर बिठाकर पूरे शहर में रांसो नृत्य के साथ शोभायात्रा निकाली गयी ये आयोजन राजशाही काल से किया जाता रहा है इस मेले के जरिए परंपरागत परिधानों से सुसज्जित महिलाएं रांसों तांदी नृत्य के साथ अपनी पौराणिकता को प्रदर्शित भी करती हैं मान्यताओं के अनुसार उत्तरकाशी के पास लक्षागृह था जो आज लक्षेश्वर के नाम से जाना जाता है इसीलिए इस मेले में पांडव नृत्य का भी खास महत्व है मेले में पांडवों की विशेष पूजा अर्चना होती है वहीं नगर के रंगकर्मियों के अथक प्रयासों के कारण ही इस मेले के पौराणिक स्वरूप को बचाने की कोशिशें भी की जा रही है

एफटीआईआई पुणे और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता में प्रवेश के लिए आगामी संयुक्त प्रवेश परीक्षा देने वाले लोग इस सेमिनार में हिस्सा ले सकते हैं सेमिनार में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में दी जाने वाली शिक्षा के साथ साथ संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की जानकारी दी जायेगी खास बात यह है कि सेमिनार में भाग लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है गौरतलब है कि देशभर के अधिक से अधिक उम्मीदवारों तक पहंचने के लिए पूणे मुंबई जयप्र नागप्र दिल्ली में प्रवेश सेमिनार का आयोजन किया जा चुका है जबकि लखनऊ जम्मू भोपाल पटना अहमदाबाद और चंडीगढ़ में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा

वो अट्ठानवें साल के थे

इसके लिए उन्हें वृक्ष मित्र सम्मान से भी नवाजा गया उनके निधन पर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने दुख व्यक्त करते हए कहा कि उनके द्वारा पर्यावरण के लिए जो काम किया गया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने श्री सकलानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने भी उनके निधन पर शोक जताया

इसके तहत आज आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया और स्वच्छता का संकल्प लिया